सीतामढ़ी और लखीसराय जिले में आज से लागू हुआ लॉकडाउन

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना के बारह सौ छियासठ नये मामले की पुष्टि के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर सोलह हजार तीन सौ पांच हो गई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक एक सौ सतहत्तर मामले पटना जिले में मिले हैं सीवान में अंठानवे नालंदा में अठहत्तर बेगूसराय और नवादा में छिहत्तर छिहत्तर मुजफ्फरपुर में बहत्तर मुंगेर में इकसठ पश्चिम चंपारण में चौवन सारण में सैंतालीस मामलों की पुष्टि हुई है वहीं कटिहार में छियालीस भोजपुर में चालीस वैशाली में छत्तीस गया में चौंतीस लखीसराय और रोहतास में उनतीस उनतीस बक्सर में सत्ताईस समस्तीपुर में चौबीस गोपालगंज में बाईस और औरंगाबाद में इक्कीस लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है इधर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान नौ सौ बासठ मरीज ठीक हुए हैं इससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर ग्यारह हजार नौ सौ तिरपन हो गयी है विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर तिहत्तर प्रतिशत से अधिक है वर्तमान में कोविड उन्नीस के सक्रिय मरीजों की संख्या चार हजार दो सौ छब्बीस है वहीं कोरोना से राज्य में अब तक एक सौ पच्चीस लोगों की मृत्यु हुई है बुडको के निदेशक के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद कार्यालय को बंद कर दिया गया है वहीं पटना जिले के मसौढ़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की एक महिला डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद यहां ओपीडी सेवा बंद कर दी गयी है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हये राजधानी पटना के एम्स में आज से कोरोना की दवा का मानव परीक्षण शुरू हो रहा है एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि दवा का परीक्षण अठारह से पचपन साल की स्वस्थ महिलाओं और प्रूषों पर किया जायेगा सभी को वैक्सीन की दो डोज दी जायेगी पहली डोज के चौदह दिन बाद दूसरी डोज दी जायेगी इसके बाद इन सभी लोगों की जांच की जायेगी इसके लिये पांच सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम का गठन किया गया है वहीं भागलपुर स्थित ट्रिपल आईटी ने कोविड उन्नीस का पता लगाने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके प्रयोग की मंजूरी के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर को भेजा है चिकित्सकों का कहना है कि कोविड उन्नीस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए खांसते छिकते समय एहतियात बरतने की जरूरत है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने तथा उचित सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करने को कहा है

जब हम खांसते छिकते हैं तो एक से दो मीटर तक वो जा सकती है तो अगर आप पहले ही एक दो मीटर का फासला बनाकर के रखेंगे तो उसका आपके पास होने का अंदेशा कम हो जाता है जो कांटेक्ट ट्रासमिशन की बात आई फाउमलिटी की तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वॉयरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा

प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी के कारण सीतामढ़ी और लखीसराय जिले में लॉकडाउन फिर लागू किया गया है वहीं नवादा बक्सर और सुपौल में इसे बढ़ाया गया है अब राज्य के बीस जिलों में पूर्णबंदी लागू है सीतामढ़ी में बीस जुलाई और लखीसराय में उन्नीस जुलाई तक पूर्णबंदी रहेगी नवादा और सुपौल में इसे पन्द्रह जुलाई तक बढ़ाया गया है बक्सर में सत्रह जुलाई तक पूर्णबंदी लागू रहेगी लॉकडाउन के दौरान सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे प्रजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेंगी इस दौरान आवश्यक सेवायें जारी रहेंगी ऑनलाइन खरीददारी की जा सकती है सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी लॉकडाउन के दौरान जारी रहेंगी लेकिन निजी वाहन आवश्यक कार्यो के लिए ही प्रयोग किये जा सकेंगे राज्य के सभी मंडल कारागारों में कोरोना का जांच केन्द्र स्थापित किया जायेगा जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि मध्रबनी जेल में अधिकारी और कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि जेल अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ कैदियों के स्वास्थ्य पर भी पूरी नजर रखी जा रही है केन्द्र सरकार ने प्रदेश के तेईस जिलों में प्रवासी कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की मंजूरी दी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत प्रशिक्षित जाईये सुरक्षित जाईये के संदेश के साथ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की साझेदारी में विदेश मंत्रालय के सहयोग से शुरू की जा रही है पटना रांची विशेष रेलगाड़ी जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन गया तक ही होगा पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इसके साथ ही दानापुर टाटा विशेष ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा उन्होंने कहा कि गया जंक्शन से होकर हावड़ा से नई दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली प्रर्वा एक्सप्रेस अब सप्ताह में एक दिन ही चलेगी आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों में एक नयी सुविधा शुरू की है जिसके जरिए खातों से पैसे की निकासी के समय स्रोत पर आयकर की कटौती की दर तय की जा सकती है इस सुविधा के जरिए बैंक और डाकघर यह पता कर सकते हैं कि आयकर विवरणी न भरने वाले खाताधारक के अपने खाते से बीस लाख से अधिक राशि की निकासी करने पर आयकर देना होगा या नहीं और इसकी दर क्या होगी इसी तरह आयकर विवरणी भरने वाले खाताधारक के एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकालने पर यह दर क्या होगी स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर आठ लाख अठहत्तर हजार दो सौ चौवन हो गई है वहीं देश भर में अब तक पांच लाख तिरपन हजार चार सौ इकहत्तर रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या तेईस हजार एक सौ चौहत्तर हो गई है नेपाल के तराई क्षेत्रों में और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है कोसी गंडक बागमती कमला बलान महानंदा और अधवारा समूह की नदियों में उफान से सीतामढ़ी मध्रबनी दरभंगा पश्चिम चंपारण और सहरसा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है नदियों के उफान के कारण निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है मध्रबनी के लदनियां में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ चार पर लक्ष्मीनियां और झलोन गांव के बीच कटैया नदी पर बना डायर्वसन ट्रट गया है इसी जिले के झंझारपुर में दरभंगा पूर्णियां राष्ट्रीय राजमार्ग संतावन पर बाढ़ प्रभावित लोगों के शरण लेने के कारण यातायात ठप हो गया है वहीं सीतामढ़ी से सुरसंड के बीच एनएच पर बाढ़ का पानी आ गया है सुपौल के छह प्रखंडों के सौ से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है इधर शिवहर के पिपराही प्रखंड के बेलवा के पास बना सुरक्षा तटबंध भी ध्वस्त हो गया है जबकि मुजफ्फरपुर के औराई के बभनगावां पश्चिमी बागमती तटबंध के निचले हिस्सों में स्थित एक हजार घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है कोसी के जलस्तर में व्रद्धि होने के कारण सहरसा जिले के तीन दर्जन गांव मधेप्रा के आलमनगर और चौसा प्रखंड के छह पंचायत और किशनगंज में दिघल बैंक टेढ़ागाछ और ठाकुरगंज प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है दरभंगा के कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के चार पंचायतों में भी पानी फैल रहा है वहीं पटना में गंगा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है पटना के दीघा घाट पर खतरे के निशान से ढ़ाई मीटर नीचे है जबकि गांधी घाट पर डेढ़ मीटर खतरे के निशान से नीचे बह रही है सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में भी लगभग वृद्धि दर्ज की गयी है पुनपुन नदी श्रीपालपुर में और सोन नदी मनेर में खतरे के निशान के पास बह रही है इधर जल संसाधन विभाग के अभियंता नदियों के किनारे बने तटबंधों की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है मौसम विभाग ने पश्चिम चम्पारण पूर्णियां अररिया और कटिहार जिले में अगले चौबीस घंटों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जतायी है विभाग के अनुसार पूर्वी चम्पारण सीतामढ़ी सुपौल और किशनगंज के क्षेत्रों में भी बारिश की सम्भावना बनी हुई है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून की अक्षीय रेखा नेपाल के तराई से दक्षिण की ओर पूर्वी चम्पारण सीतामढ़ी सुपौल और किशनगंज से गुजर रही है राज्य के पूर्वी हिस्से में भी चक्रवाती हवा का प्रभाव बना हुआ है जिससे मधुबनी और इसके आस पास के क्षेत्रों भारी बारिश हो सकती है जबकि राजधानी पटना और उसके आस पास के क्षेत्रों में हल्की बारिश की सम्भावना है इस दौरान वज्रपात की आशंका भी व्यक्त की गयी है वहीं पिछले चौबीस घंटों के दौरान पूर्णियां में सबसे अधिक बासठ दशमलव नौ मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सलाह दी है कि आकाशीय बिजली की चमक के दौरान घरों से बाहर होने की स्थिति में लोग पेड़ों के नीचे न रहें उन्होंने सलाह दी कि घरों या इमारतों में रहना सुरक्षित है परंतु टीन और धातु की छतों के नीचे आश्रय लेने से बचा जाए बिजली गिरने की संभावना के समय खुले में होने की स्थिति में लोगों को दुबक कर बैठ जाना चाहिए उन्हें उस समय लेटना नहीं चाहिए इस दौरान मोबाईल फोन का उपयोग करने से भी बचना चाहिए राज्य के प्रत्येक खेत में सिंचाई सुविधा देने के लिए आज से प्लॉटवार सर्वेक्षण का काम शुरू हो रहा है जो सात अगस्त तक चलेगा कृषि सचिव एन सरवन ने बताया कि इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को सर्वे के काम में लगे कर्मचारियों को राजस्व गांव का डिजिटल नक्शा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है सर्वे के लिए कृषि जल एप और वेब सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसका प्रशिक्षण जिला और पंचायत स्तर के कर्मियों को दिया जायेगा प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अरवल वैशाली सारण पश्चिम चंपारण गोपालगंज और पूर्णिया जिले में अलग अलग हादसों में तेरह लोगों की मौत हो गयी जबकि छब्बीस अन्य घायल हो गये जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ एसएसबी और पुलिस के संयुक्त सहयोग से एक महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ जमुई और लखीसराय जिले के अलग अलग थानों में कई उग्रवादी मामले दर्ज हैं गोपालगंज कैमूर लखीसराय जमुई और दरभंगा जिले से पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब के साथ नौ लोगों को गिरफ्तार किया है बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पिछले दिनों बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से चार लाख इकसठ हजार रूपये की लूट के मामले में प्रलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है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 प्रभात खबर की सुर्खी है प्रदेश में एक दिन में बारह सौ छियासठ नये केस नौ सौ बासठ ठीक तिहत्तर दशमलव तीन एक प्रतिशत घर लौटे दैनिक जागरण लिखता है विमान यात्रियों को देना होगा तीन हफ्ते से कोरोना नहीं होने का सुबूत हिन्दुस्तान ने निर्माण श्रमिकों के निबंधन के लिए गांव गांव अभियान चलाये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर राजस्थान के सियासी संकट पर सचिन पायलट के हवाले से लिखता है गहलोत अल्पमत में तीस एमएलए मेरे साथ राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है कोरोना के खौफ में बॉलीबुड वहीं आज अखबार ने भारत नेपाल सीमा की नो मेंस लैंड पर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाये जाने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है

सीतामढ़ी और लखीसराय जिले में आज से लागू हुआ लॉकडाउन